एबीपीवी ने चार और एनएसयूआई ने तीन विश्वविद्यालयों में परचम फहराया

एनएसयूआई के रणवीर सिंघानिया तीसरे नम्बर पर रहे यहां पहली बार एससी वर्ग के उम्मीदवार ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है

भरतपुर के महाराजा सूरजमल बुज विश्वविद्यालय में एबीवीपी के प्रत्याशी वहीं अलवर के राजश्री भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी उदयपुर के मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय और बीकानेर के महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में भी एबीवीपी के प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद हासिल किया कोटा विश्वविद्यालय में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी चूरू में छात्रसंघ चुनाव की मतगणना आज होगी कल मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा के कारण इसे स्थगित किया गया था भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस को लोकतंत्र के नाम पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर केवल एक परिवार का अधिकार है श्री शाह ने कल जयप्र के बिड़ला सभागार में प्रबुद्ध जनों की बैठक को सम्बोधित करते हुये कहा कि इसके विपरीत भाजपा में आतंरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है कि पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी के सर्वोच्च पद पर पंहच सकता है श्री शाह ने केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुये कहा कि इस सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल के दौरान देश की जनता को विभिन्न योजनाओं के जरिये सीधा लाभ पहुंचाया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना महात्मा गांधी नरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर के प्रस्कार प्रदान किए हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल आयोजित प्रस्कार वितरण समारोह में राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आलोक झालावाड़ के कलेक्टर जितेन्द्र कमार सोनी और कोटा कलेक्टर गौरव गोयल तथा बांसवाड़ा जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद को केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में राजस्थान को ग्रीन र्टेक्नोलॉजी वर्क्स कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से पाली जिले के निवासियों का भी अपने घर का सपना साकार हो रहा है

केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उध्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह एक दिवसीय दौरे पर आज जयपुर आयेंगे श्री सिंह सांगानेर में कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान में हवन सामग्री और गाय के गोबर से बने कागज की शुरूआत करेंगे

झालावाड जिले के गोविन्दपुरा में एक छात्रा की ट्रेक्टर की टक्कर से मृत्यु हो गई अलवर के पांडुपोल में चल रहे हनुमान मेले में कल कुंड में नहाते समय दलदल में फस जाने से एक छात्र की मौत हो गई प्रदेश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विभिन्न वर्गों की बकाया उत्तर मैट्रिक छात्रवृतियों का एक सप्ताह में भूगतान नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा विभाग के निदेशक कृष्ण कुणाल ने कल जयपुर में वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से विभाग द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये